सभी प्रतिनिधियों ने इस विधायक के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया इस अवसर पर श्री फेलिक्स ने कहा कि अगर केंद्र सरकार कैब के कार्यान्वयन को लागू करता है तो राज्य सरकार सभी हितधारको के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके सामुहिक विचारों की सिफारिश करेगी राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते नामपोंग से विधायक लाईसम सिमाई विधायक जिग्नु नामचुम और ट्रेड और कामर्स विभाग के निदेशक तोकोंग पर्टिन ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा के साथ सीमा व्यापार पर चर्चा की सीमा व्यापार पर कोर ग्रूप के सदस्यों ने मणिपुर के मोरे नाम्पोंग और पोंग्सू पास से सीमा व्यापार पर अध्ययन के बारे में राज्यपाल को अवगत कराया राज्यपाल ने कोर ग्रूप के सदस्यों से जल्द अपनी रिपोर्ट को मुख्य सचिव के पास जमा करने का सुझाव दिया

राज्य में प्रभावी तरीके से ई इनर लाईन परमिट लागू करने के लिए अरुणाचल प्रदेश को इस वर्ष के डिजिटल ट्रांसफार्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है कल नई दिल्ली में आयोजित तीसरे डिजिटल ट्रांसफार्मेशन समिट के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन के निदेशक एस त्रिपाठी और गवर्निंग काउंसिल ऑफ क्रिस के सदस्य विनित गोयनका ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि को ये पुरस्कार प्रदान किया चांगलांग जिला प्रशासन ने प्लास्टिक कचरे के सतत प्रबंधन के लिए एक प्लास्टिक कतरन इकाई स्थापित की है इस इकाई का आज उदघाटन किया गया इकाई में तैयार प्लास्टिक कतरनों का इस्तेमाल इलाके में सड़क निर्माण के लिए किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम एन एच आई डी सी एल सड़क निर्माण के लिए पहले ही पच्चीस टन प्लास्टिक कतरन का ऑर्डर दे चुका है इस इकाई में प्रतिदिन एक सौ पचास से दो सौ किलोग्राम प्लास्टिक कतरन की क्षमता है चांगलांग जिले से प्रसंस्करण के लिए अब तक चार टन एकल इस्तेमाल वाला प्लास्टिक इकट्ठा किया गया इसके अलावा लोहित और नामसाई जिले से भी प्लास्टिक कचरा लाया गया है प्लास्टिक कतरन इकाई का प्रबंधन और संचालन अभी स्थानीय पंचायत द्वारा किया जाएगा और प्लास्टिक कतरनों की आपूर्ति ठेकेदारों को सड़क निर्माण के लिए की जाएगी ईस्ट कामेंग जिले के सेप्पा में छात्रों को आत्म रक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदघाटन जिला उपायुक्त गौरव सिंह राजावत ने किया महिला एवं बाल विकास विभाग और ईस्ट कामेंग जिला कराटे संघ के सहयोग से जिला समग्र शिक्षा सोसायटी द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के विभिन्न ब्लॉकों की छात्राएं हिस्सा ले रही हैं राजधानी क्षेत्र पुलिस अधीक्षा तुम्मे आमो ने कहा है कि अपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए प्रदेश के लोगों को अपने यहां किसी को रोजगार देने से पहले उसका प्रलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए उन्होंने कहा कि राज्य के त्वरित विकास को देखते हुए बुनियादी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अन्य राज्य से कुशल श्रमिकों को लगाया जा रहा है जिनका पुलिस वेरिफिकेशन करना जरुरी है श्री आमो ने प्रदेश के लोगों से ड्रावर या घरेलू काम के लिए किसी को रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराने की अपील की ताकि भविष्य में अपराधिक घटनाओं की स्थिति में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश में जल संसाधन की मैपिंग प्रति चित्रण का काम शुरु हो गया है महाराष्ट्र में पुणे में सतत जल प्रबंधन पर द्रसरे अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में उन्होंने यह बात कही श्री शेखावत ने आशवस्त किया कि जल संसाधनों की मैपिंग जल्द प्ररी कर ली जाएगी और देश सतत जल प्रबंधन के मार्ग पर आगे बढ़ेगा